उन्होंने यहां पर दो राष्ट्रीय राजमार्ग सहित दो हजार चार सौ तेरह करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया श्री मोदी ने रामनगर में गंगा नदी पर दो सौ सात करोड रूपये की लागत से निर्मित एक अंतर देशीय जलमार्ग टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया इस अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि देश का यह पहला कनटेनर सिर्फ माल द्वलाई का साधन नहीं बल्कि न्यू इण्डिया के न्यू विजन का जीता जागता सबूत है आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब हम अपने नदी को व्यापार कारोबार के लिए इस्तेमाल करने में सक्षम हए हैं इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि ढ़ाई हजार करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट बदलते हए बनारस की तस्वीर को और भव्य बनायेंगे हमारे संवाददाता के अनुसार अंतरदेशीय जलमार्गो के विकास से काफी फायदा हो सकता है भारत में नदियों नहरों और संकरी खाडियों के रूप में अंतरदेशीय जलमार्गो का एक विशाल नेटवर्क है अन्य बड़े देशों के मुकाबले भारत में माल द्वलाई के लिए जलमार्गो का बहत कम उपयोग होता है और कुल व्यापार में तीन दशमलव पांच प्रतिशत माल दूलाई ही जल मार्ग जरिए हो पाती है जबकि चीन में सैंतालिस प्रतिशत और यूरोप में चालीस प्रतिशत माल ढलाई जलमार्ग के जरिए होती है केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी एच एन अनंत कुमार का आज तड़के दो बजे बंगलूरू में कैंसर के कारण निधन हो गया वे उन्सठ वर्ष के थे श्री कुमार पिछले कुछ दिनों से आई सी यू में भर्ती थे वे दक्षिणी बंगलूरू से छह बार लोकसभा सांसद रहे वर्तमान में वे रसायन और उर्वर्यक मंत्रालय के भी प्रमार में थे वे वाजपेयी सरकार में उड्डयन पर्यटन और शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल दिन में एक बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु में किया जाएगा

कर्नाटक सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार के निवन पर शोक व्यक्त किया है श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि श्री अनंत कुमार का निधन पूरे देश और विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए बड़ी क्षति है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे अपने घनिष्ठ सहयोगी और मित्र के निधन से स्तब्व हैं उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री अनंत क्मार उनके घनिष्ठ मित्र और एक समर्पित नेता थे वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि अनंत क्मार अपने संसदीय कार्यो और एक राजनेता के रूप में सदैव याद किये जायेंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह विदेशमंत्री सुषमा स्वराज रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केन्द्रीय मंत्री के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को क्षति पहंची है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया है आज लोकसेवा प्रसारण दिवस है उन्नीस सौ सैंतालिस में बारह नवम्बर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो में पहली और अंतिम बार आने की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के क्रूक्षेत्र में अस्थाई रूप से आकर बसे विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस अवसर पर नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में आज विशेष समारोह का आयोजन किया गया है छठ महापर्व कल नहाय खाय के साथ शुरू हो गया

श्रद्वाल् कल निर्जल उपवास करते हये अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्ध्य देंगे और अगले दिन बुधवार को उगते हये भगवान भाष्कर को अर्ध्य देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगे छठ पर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में खास तौर से पूर्वी जिलों में विशेष उत्साह है बाजार छठ पूजा की सामग्री से पटे हये हैं

उधर नदियों तालाबों और छठ पर्व के लिये अस्थायी रूप से बनाये गये पोखरों को अर्घ्य देने के लिये तैयार किया जा रहा है इन सभी स्थानों पर साफ सफाई और रौशनी के प्रबंध किये जा रहे हैं इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक ब्वाई और श्मकामनायें दी हैं अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पर्व हमे प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देता है इससे सामाजिक समरसता और सौहार्द में बढ़ोत्तरी होती है